सबसे पहले प्रधानमंत्री तथा सदन के नेता नरेन्द्र मोदी ने शपथ ग्रहण की लोकसभा के महासचिव ने जैसे ही शपथ के लिए प्रधानमंत्री का नाम पुकारा एनडीए सदस्यों ने मेजें थपथपाई और मोदी मोदी के नारे लगाए प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की इनमें राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डीवी सदानन्द गौड़ा हरसिमरत कौर बादल रविशंकर प्रसाद संतोष गंगवार और स्मृति ईरानी शामिल हैं डॉ हर्षवर्धन श्रीपद नायक तथा अश्विनी चौबे ने संस्कृत में शपथ ली प्रधानमंत्री के बाद कांग्रेस के श्री सुरेश ने शपथ ग्रहण की पीठासीन अधिकारियों कोडिकुनिल सुरेश बृजभूषण शरण सिंह और भर्तृहरि महताब ने भी शपथ ली

लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ब्धवार को होगा

केन्द्रीय बजट अगले महीने की पांच तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद के इस सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दल चर्चा में भाग लेंगे सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को अपनी संख्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्ष सदन में अपनी राय रखेगा और कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेगा अगर सरकार की आलोचना भी बहुत तर्कबद्व से कोई सदन में सांसद करता है और वो बात देश में पहुंचती है तो लोकतंत्र को बल मिलता है इस लोकतंत्र को बल देने में आप सबसे मेरी बहुत अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री ने सांसदों का स्वागत करते हुए कहा कि सदस्यों को मुद्दों पर निष्पक्ष तरीके से सोचना चाहिए और देश के व्यापक हित में काम करना चाहिए जब हम एमपी के रूप में बैठते हैं तब पक्ष विपक्ष से ज्यादा निष्पक्ष का स्प्रिट बहुत महत्व रखता है और मज़ो विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष के दायरे में बंटने की बजाए निष्पक्ष भाव से जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए हम आने वाले पांच साल की इस सदन की गरिमा को ऊपर उठाने में प्रयास करें प्रधानमंत्री ने नई लोकसभा में महिला सदस्यों की अधिक संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की श्री मोदी ने कहा कि उनका अनुभव है कि संसद अगर सुचारू रूप से चलती है तो सरकार देशवासियों की बहुत सी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं

नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन राजपथ पर होगा केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विश्व मरूस्थल और सूखा निरोधक दिवस लोगों को यह याद दिलाने का महत्वपूर्ण अवसर है कि इन समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय की मजबूत भागीदारी से इनका समाधान संभव है श्री जावड़ेकर ने कहा कि मिट्टी को उर्वरक बनाये रखकर भूमि की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है राज्यपाल राम नाइक ने राज्य सरकार के तीन मंत्रियों एसपी बघेल प्रो रीता बहुगुणा जोशी और सत्यदेव पचौरी के त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया है श्री बघेल पशुधन लघू सिंचाई एवं मत्स्य विभाग के मंत्री थे प्रो रीता बहुगुणा महिला एवं बाल कल्याण तथा मातृ एवं शिश् कल्याण और पर्यटन मंत्री थीं जबकि श्री पचौरी के पास खादी एवं ग्रामाद्योग रेशम उद्योग वस्त्र उद्योग सूक्ष्म लघू एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभागों का प्रभार था यह तीनों मंत्री हाल के लोकसभा चुनावों में सांसद चुने गये हैं राजभवन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राज्यपाल ने महिला कल्याण एवं पर्यटन विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ आवंटित किया है राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर लक्ष्मी नारायण चौधरी को पश्धन एवं मत्स्य विभाग धर्मपाल सिंह को लघु सिंचाई विभाग सिद्वार्थ नाथ सिंह को परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग और सतीश महाना को खादी एवं ग्रामोद्योग रेशम उद्योग वस्त्र उद्योग सूक्ष्म लघू एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग का अतिरिक्त कार्यप्रभार उनके वर्तमान कार्य प्रभार के साथ आवंटित किया है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

प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है जिससे आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है मौसम विभाग के अनुसार आज देर शाम जालौन इटावा आरैया कानपुर कन्नौज हरदोई लखनऊ सीतापुर बाराबंकी रायबरेली और फतेहपुर सहित कई अन्य ज़िलों में धूल भरी आंधी चलने और हल्की बूंदा बांदी होने की संभावना है इस बीच चक्रवात वायु के कमजोर पड़ने के बाद अगले चौबीस घंटे के दौरान मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीद है मानसून केरल में निर्धारित समय से लगभग एक सप्ताह बाद आठ जून को पहुंचा था भारतीय मौसम विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक के सती देवी ने बताया कि चक्रवात वायु के अगले चौबीस घंटे के दौरान कमजोर पड़ने की संभावना है इससे मानसून की हवाओं के अरब सागर की ओर आगे बढ़ने का रास्ता साफ होगा अलीगढ़ और बलरामपुर जिलें में हुई दो अलग अलग सड़क द्र्घटनाओं में ग्यारह लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गये अलीगढ़ ज़िले के छर्रा थाना क्षेत्र के रूखारा गांव के पास एक ट्रक ने श्रद्वालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी जिससे छह लोगों की मौत हो गई और चालीस से अधिक लोग घायल हो गये घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है

मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को दो दो लाख रूपये और दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायलों को पचास पचास हजार रूपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है

घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें पांच की हालत गम्भीर बताई जा रही है पुलिस ने बताया है कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर अपने काम पर जा रहे थे और वाहन के नियंत्रण खो देने के कारण यह दुर्घटना हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज और हरसंभव सहायता देने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ जनपद के बाल सुधार गृह स कल चार बच्चों के फरार होने की घटना को गंभीरता से लिया है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना की प्रारम्भिक जांच में बाल सुधार गृह के केयर टेकर और एक कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है प्रवक्ता के अनुसार मेरठ के जिला प्रोबशन अधिकारी और उप निदेशक प्रोबेशन से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है इसके साथ ही विभागीय सचिव को सभी बाल सुधार गृहों का निरीक्षण कर इनकी व्यवस्था सुचारू बनाये रखने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है बाल सुधार गृहों में बच्चों के लिये सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं उच्चतम न्यायालय देशभर में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर कल सुनवाई करेगा न्यायमूर्ति दोपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने आज इस पर सहमति व्यक्त की पश्चिम बंगाल में एक सरकारी अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टरों के साथ की गई मारपीट के कारण डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के मद्देनजर यह याचिका दायर की गई है इस याचिका में केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ विभाग से डॉक्टरों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने की मांग की गई है